प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा उनकी सरकार स्पष्ट नीति और सही दिशा की बदौलत बड़ी उपलब्धियां पाने में सक्षम राज्यस्तरीय संस्कृत दिवस समारोह आज जयपुर में हो रहा है आयोजित

इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चन्द्रयान दू को चन्द्रमा तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की

एक समाचार एजेंसी के साथ विशेष भेंटवार्ता में प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से लेकर चन्द्रयान ट् मिशन भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से लेकर मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक की कुप्रथा से मुक्ति दिलाने तक के फैसलों से सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह मजबूत जनादेश के साथ कृछ भी हासिल कर सकती है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने जलशक्ति मंत्रालय का गठन कर वर्तमान समय के सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दे को सुलझाने की दिशा में काम शुरू किया है

आकाशवाणी से इस संबोधन का प्रसारण शाम सात बजे से किया जायेगा श्री कोविंद का संबोधन हिन्दी भाषा में होगा और इसके तुरंत बाद इसका अंग्रेजी संस्करण प्रसारित किया जाएगा संबोधन का हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारण होने के बाद दूरदर्शन सभी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा

उधर प्रदेशभर में स्वाधीनता दिवस समारोह की तैयारियो को अंतिम रूप दिया जा रहा है सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गये है वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी जयपूर में सभी सरकारी इमारतों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है

आज पुलिस मुख्यालय में पत्रकारो से बातचीत करते हुए उन्होंने जयपुर में हुई उपद्रव की घटना को लेकर लोगों को आश्वस्त किया कि स्थिति में सुधार हो रहा है

समारोह में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और इसकी सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वानों को सम्मानित किया जा रहा है उधर संस्कृत दिवस के सिलसिले में राज्यपाल कल्याण सिंह के संदेश का आज आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारण किया जाएगा

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में विस्तार से समीक्षा की

अदालत ने सभी पहलुओं पर छह सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है

जयपुर कोटा बूंदी बारां दौसा झालावाड और सवाईमाधोपुर में कल से कभी तेज तो कभी धीमी बरसात हो रही हैं